चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जांचों की संख्या बढ़ने से कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े आमजन से बिना घबराए सतर्क होने को कहा

बिना सीट बैल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रूपए जुर्माना राशि देनी होगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है इसे देखते हुए ही जुर्माना राशि निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने पांच किलो गेहूं या चावल पांच महीने तक दिया जाएगा जुलाई से लेकर नवम्बर तक पांच महीने यह योजना चालू रहेगी

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के तीन सिलेंडर मुफ्त देने की समय सीमा भी बढ़ा दी है

इस योजना के तहत लगभग साढ़े उ लाख लोगों को एक लाख आठ हजार सिंगल बेडरूम फ्लैट दिए जाएंगे सार्वजनिक क्षेत्र की तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी लगाने की भी मंजूरी दी गई है मंत्रिमंडल ने कल एक नई देशव्यापी केन्द्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी इस योजना के तहत फसल के बाद प्रबंधन के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी

तीन दिन के इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है पुनः प्रवर्तक बनें भारत और बेहतर नया विश्व

उन्होंने ट्वीट में कहा कि रेल की मौजूदा सभी सेवाएं जारी रहेंगी और रेलवे का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं हो रहा है

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये अतिरिक्त गाड़ियां अन्य गाड़ियों के संचालन को प्रभावित नहीं करेंगी बल्कि इससे देश में रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होंगे

यही वजह है कि कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हुई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में मृत्युदर में पिछले दिनों की तुलना में गिरावट आई है ऐसे में आमजन घबराए नहीं सजग और सतर्क होकर जीवन जीयें

उन्होंने कहा कि जिन जिलों में संकमण ज्यादा फैल रहा है उनमें विषेषज्ञ चिकित्सा दलों को भेजा जा रहा है

उनकी सबसे यादगार भूमिका फिल्म शोले में रही जिसमें उन्होंने सूरमा भोपाली के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी

सवाई माधोपुर जिले में कल अनेक स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली है